राज्य सरकार ने कुपोषण को खत्म करने के प्रयासों की निरन्तर निगरानी और परिणामों की समीक्षा पर जोर दिया

आज सुनिए गांधी जी की प्रदेश यात्राओं पर केन्द्रित हमारी विशेष श्रंखला मध्यप्रदेश में महात्मा का पहला अंक भारत चीन बैठक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग आज अनौपचारिक शिखर बैठक के द्रसरे दिन सीधी बातचीत जारी रखेंगे दोनों नेता सुबह लगभग दस बजे मिलेंगे इससे पहले कल श्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति के बीच सौहार्दपूर्ण वातावरण में सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा रात्रि भोजन के दौरान शोर मंदिर परिसर में परिणामजनक बैठक हुई विदेश सचिव विजय गोखले ने बताया कि यह बैठक निर्धारित समय से अधिक चली और लगभग ढाई घंटे तक जारी रही श्री गोखले ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों नेताओं ने एक दूसरे के साथ लगभग पांच घंटे बिताए और अनौपचारिक सीधे विचार विमर्श के दौरान अपनी अपनी राष्ट्रीय सोच शासन की प्राथमिकताओं और उन्हें हासिल करने पर चर्चा की राष्ट्रपति शी ने दोनों देशों के आर्थिक विकास को आगे बढाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के साथ मिलकर काम करने पर सहमति व्यक्त की द्विपक्षीय व्यापार के आकार को बढ़ाने पर भी बातचीत की गई सीएम समीक्षा मुख्यमंत्री कमल नाथ ने कल मंत्रालय में महिला बाल विकास विभाग की समीक्षा करते हुए कहा है कि क्पोषण को जड़ से खत्म करने के लिए किये जा रहे प्रयासों की निगरानी और बेहतर परिणामों की सतत समीक्षा की जाये उन्होंने कहा कि महिला बाल विकास पर नौनिहालों के स्वस्थ्य की बहत बडी जवाबदेही है उन्होंने कहा कि हमारी भावी पीढी शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ्य होगी तभी हम प्रदेश के समग्र विकास का सपना पुरा कर सकेंगे मुख्यमंत्री ने कहा कि कपोषित और अति क्पोषित बच्चों को दिए जाने वाले पोषण आहार की उपलब्धता और ग्रणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए बैठक में महिला बाल विकास मंत्री इमरती देवी के साथ विभागीय अधिकारी भी उपस्थित थे

निविदाओं के बाद सफल उच्चतम बोली के निविदाकार को अपने जिले में रेत खदानों के संचालन की जिम्मेदारी दी जायेगी राज्य शासन ने नई नीति के अनुसार जिले में रेत खदानों के संचालन के लिये सभी वैधानिक अनुमतियाँ प्राप्त करने में लगने वाले समय को देखते हुए निजी भूमि पर उपलब्ध रेत खदानों और ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित रेत खदानों को पूर्व की भाँति निरंतर संचालित रखे जाने का निर्णय लिया है

प्रदेश के वन मंत्री उमंग सिंघार ने कल इसकी जानकारी दी वन मंत्री सिंघार ने आर्थिक अपराध शाखा ईओडब्लू को पत्र लिखकर जांच करने के लिए कहा है

श्री सिंघार के मुताबिक जांच में करीब चार सौ पचास करोड़ रूपये की गड़बड़ी सामने आ सकती है

भारत की पहली पारी के छह सौ एक रन के विशाल स्कोर के जवाब में दूसरे दिन के अंतिम सत्र में दक्षिण अफ्रीका के तीन खिलाड़ी जल्दी आउट हो गए उमेश यादव ने दो विंकेट लिए जबकि मोहम्मद शमी ने एक खिलाड़ी को आउट किया